केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा

उन्होंने कहा कि यह अभियान वर्षभर चलेगा भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में आज कोन्द्रीय पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान से भेंट कर राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य में विकासात्मक गतिविधियों में सीएसआर के तहत धन लगाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके केन्द्रीय मंत्री ने इस दिशा में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है विधानसभा प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र दो दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर से शुरू होगा सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे आरम्भ होगी इस दौरान प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कल भी जारी रहेगी

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि इस योजना में कार्य कर रहे युवाओं को हर संभव सहायता दी जाएगी कांगड़ा जिले के ढलियारा महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीक का युग है और ऐसे में तकनीक के माध्यम से नए अवसर पैदा करने की ज़रूरत है बिक्रम ठाकुर ने विद्यार्थियों से तकनीक और कौशल विकास के माध्यम से आगे बढ़ने का आह्वान किया बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों की घोषणा जल्द की जाएगी

बिंदल ने बताया कि इस दो दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर केन्द्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है शांता कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक कदम उठाने का आग्रह किया है सोलन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह योग को देश व दुनिया में पहचान दिलाई है उसी तर्ज पर इस दिशा में भी प्रयासों की ज़रूरत है शांता कुमार ने कहा कि राष्ट्रभाषा होने के बावजूद अपने ही देश में हिन्दी भाषा की स्थिति दयनीय है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले में आज घंडावल भलोला पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने बसाल गांव में बीएसएफ के डिप्टी कमांडैंट चंद्रशेखर खडवाल की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्वांजलि भी दी चंद्रशेखर खडवाल पश्चिम बंगाल में तैनात थे और हृदयगति रूकने से उनकी मृत्यु हुई थी गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू ज़िले के काईस में आज पशु औषधालय का लोकार्पण किया उन्होंने काईस से बंदरोल सब्जी मण्डी तक बनने वाली सड़क का भी भूमिपूजन किया उन्होंने बताया कि लैफ्ट और राईट बैंक के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए रायसन में पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा तीरंदाजी लाहौल स्पीति जिले के प्राचीन खेल तीरंदाज़ी को जीवन्त रखने के उद्देश्य से युरनाथ में आज तीरंदाज़ी प्रतियोगिता करवाई गई इसके माध्यम से युवा सेवाएं व खेल विभाग ने फिट रहने का भी संदेश दिया

समापन समारोह में एस डीएम अमर नेगी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि मण्डी के इंदिरा मार्किट में शहीद स्मारक बनकर तैयार है और मुख्यमंत्री जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे उन्होंने कहा कि मण्डी में एक शहीद पार्क स्थापित करने के लिए जगह का चयन किया जा रहा है विधिक साक्षरता कांगड़ा जिले के नूरपुर की लदोड़ी पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नितिन मित्तल ने इसकी अध्यक्षता की और कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में न्याय के प्रति साक्षरता बढ़ाना है उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाने का भी प्रावधान है